भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेन्द्र फडनवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पंवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

शपथ ग्रहण के बाद मुम्बई में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देने की जरूरत थी आज दिनभर राजनीतिक उठा पटक जारी और सभी पार्टी के नेता अपने अपने पक्ष में बहुमत होने का दावा करते रहे भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी पार्टी बहमत साबित करेगी

महाराष्ट्र में सरकार के गठन के बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पंवार ने एनसीपी के भाजपा के साथ सरकार बनाने के निर्णय को अजीत पंवार का निजी फैसला बताया है महाराष्ट्र घटनाक़म पर प्रतिक़िया देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अप्रत्याशित घटना बताया और कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी विधायकों के हस्ताक्षर जांचे बिना ही देवेन्द्र फण्डवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी ऐसे में राज्यपाल को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए इस बीच शिव सेना और कांग्रेस के विधायकों के जयपुर पहुंचने की संभावना है

राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिन के सम्मेलन का श्भारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातियों का विकास और सशक्तिकरण समग्र विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है सम्मेलन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का अनिवार्य किया जाना चाहिए

टोल ब्रथ से गुजरने वाले वाहन बिना परेशानी के लेन पास कर सके और टोल बूथ कैशलैश बने इस उददेश्य से शुरू होने वाली फास्ट टेग सुविधा को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं टोल बूथों पर लगे काउन्टर से वाहन चालक फास्ट टेग कार्ड बनवा सकते हैं जिसे बाद में रि चार्ज भी करवाया जा सकता है

पुलिस अधीक्षक विकास पाठक ने बताया कि ये मिनी बस महाराष्ट्र से हिसार जा रही थी इस दौरान ये हादसा हुआ

इसमें टोंक के पुलिस कैडेट योजना के विद्यार्थी शामिल हुए

भारतीय सिनेमा की नई धारा में वास्तविक जीवन के विविध आयामों को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है इसमें मृणाल सेन मणि कौल कुमार साहनी श्याम बेनेगल और अदूर गोपालकृष्णन जैसे फिल्मनिर्माताओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा

उत्सव के पहले दिन आज मूसी महारानी की छतरी से बालाकिला तक ईको ट्रेकिंग कराई गई